श्री दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की वीडियो कांफ्रेंस में ये जानकारी दी

उन्होंने बताया कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में तीन लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है

इसके अलावा शिवप्री में दो तथा ग्वालियर में एक कोरोना संक्रमित मरीज अब तक मिल च्के हैं

सभी जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है हालाकि आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है नागरिकों से अन्रोध किया जा रहा है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले उधर राज्य भर से हमारे संवाददाताओं ने लाक डाउन के दौरान प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया देवास जिले में आज से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है इस दौरान जिले में किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरीतरह से रोक रहेगी श्योप्र जिले में कटनी और उमरिया जिले के मजद्रों को बस दवारा भेजा जा रहा है इसके पहले सभी की जांच एवं खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है शिवपूरी में फंसे नरसिंहपुर के छह यूवकों को यहाँ के समाजसेवियों ने किराए की टैक्सी कर उनके शहर भिजवाने की व्यवस्था की रतलाम जिले में फंसे हए अन्य जिलों के लोगों को प्रशासन ने वापस उनके घरों तक भेजने का प्रबंध किया

कोई भी व्यक्ति अगर अपने मूल जिले गांव या राज्य जाना चाहता है तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है म्रैना में रेलगाडिय़ों में खाने पीने का सामान बेचने वाले सौ से ज्यादा बैंडरों को सेनेटाइज करने के बाद खाना खिलाया गया इन सभी को शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों से घर भेजा गया मंडला जिले में लाकडाउन के दौरान अत्यावश्यक आपराधिक मामलों में जमानत आवेदनों की स्नवाई एवं निराकरण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा स्नवाई करने के लिए तिथिवार आदेश जारी किए गये हैं

राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बरसात तथा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति एवं जिले में चल रहे लाकडाउन के सम्बन्ध में अधिकारियों की बैठक ली ग्ना कलेक्टर एस विश्वनाथन ने निर्देश दिए है कि वे चिकित्सालय में नोवल कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए एहतियातन जनरल ओपीडी बंद करें लेकिन यदि कोई इलाज के लिए आए तो उसका भी उपचार करें सीधी जिले में विक्रेताओं से अपील की गयी है कि घर घर जाकर सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करें जिससे दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो और लोगों को घरों से बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़े पन्ना में लॉक डाउन के दौरान गरीवों को भारतीय जनता पार्टी भोजन मुहैया करायेगी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता भोपाल से लेकर ब्थ स्तर तक जरूरत मंदों को भोजन उपलब्ध कराने का काम करेंगे

सागर में जिला प्रशासन सब्जी मंडी की बजाय हाथ ठेलों पर प्रे शहर में सब्जी बिकवाने का प्रबंध कर रहा है वही किराना सामग्री होम डिलीवरी के जरिये भेजी जा रही है

आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा क्रोरोना रामायण सरकार कोरोनो वायरस के कारण लॉकडाउन को देखते हुए लोगों के लिए रामायण धारावाहिक का कल से फिर प्रसारण करने जा रही है

इस परियोजना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं रीवा सौर परियोजना ऐसी प्रथम सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्य्त तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक की स्थिति या फिर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है अब कुछ समाचार संक्षेप में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कोरोना वायरस की च्नौती से निपटने मे ज्टे स्वास्थ्य पेशेवरों तथा अन्य सभी के प्रयासों की सराहना की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादी जानकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर थाना के क्ंडी खाल गांव में बिजली गिरने से एक दंपति की मौत हो गयी है प्रदेश में आज गणगौर का पर्व महिलाओं ने घर पर ही मनाया पहले महिलाएं एक स्थान पर इकटठे होकर हर्ष उल्लास के साथ गणगौर मनाती थी